कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने और प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिये शीघ्र ही कानून बनाया जायेगा श्री नाथ ने आज विधानसभा में प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रदेश में कई वर्षो से बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है जो चिंता का विषय है

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ओद्यौगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा एक आदेश निकाला गया था उसके अनुसार प्रदेश के स्थाई निवासियों को रोजगार देने का प्रावधान किया है

विधानसभा विधानसभा में आज किसानों की कर्जमाफी को लेकर विपक्ष की लगातार शीघ्र चर्चा की मांग और हंगामे के बाद के बाद विधानसभा की कार्यवाई कल तक के लिये स्थगित कर दी गई इससे पहले शून्यकाल के दौरान पार्टी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में दो लाख रुपए तक की कर्जमाफी की घोषणा की थी लेकिन सरकार बनने के बाद जारी आदेश में अल्पकालीन ऋण की बात सामने आ गई उन्होंने आरोप लगाया कि अब किसानों को कर्ज के लिए साहकारों के पास जाना पड़ रहा है श्री चौहान ने अध्यक्ष एन पी प्रजापति से अनुरोध किया कि इस मुद्दे को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बिना देर किए चर्चा कराई जाए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि किसानों को बारिश के मौसम में सहकारिता संस्थाओं से खाद बीज नहीं मिल पा रहे

उन्होंने आरोप लगाया कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं अध्यक्ष श्री प्रजापति ने कहा कि उन्हें स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस विषय पर किसी न किसी रूप में चर्चा कराई जाएगी

वन सुरक्षा वन मंत्री उमंग सिंघार ने कहा है कि प्रदेश में अस्थाई रूप से निर्मित वन जलीय क्षेत्रों में द्र्घटनाओं को रोकने के लिये सुरक्षा व्यवस्थायें मजबूत की जायेंगी आज भोपाल में श्री सिंघार ने कहा कि साथ ही स्थलों पर दुर्घटना रोकने के लिये चेतावनी दर्शाने वाले साइनेज और बोर्ड लगाये जायेंगे पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में अमला भी तैनात किया जाएगा उन्होंने कहा कि सभी स्थलों पर फर्स्ट एड किट रखा जायेगा जिसकी सूचना प्रदर्शित की जाएगी

सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने तीस नये मामले दर्ज किए छापेमारी की कार्रवाई अभी चल रही है यह सीबीआई की इस हफ्ते में दूसरी बड़ी छापेमारी है बैंकिंग घोटालों को लेकर हाल ही में इसी तरह की कार्रवाई की गई थी क्रिकेट विश्वकप क्रिकेट में आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से चल रहा है आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले खेलने का फैसला किया

ताजा समाचार मिलने तक बारिश के चलते खेल रूका हुआ है इस विश्वकप में लीग मैच स्तर पर भारत को केवल इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था

केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद यह जानकारी दी